मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में समग्र क्षेत्रीय केंद्र ओपीडी और छात्रावास भवन की आधारशिला रखी प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के वीवीआईपी क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति पर लगाई रोक शिमला शहर में गहराए पेयजल संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव स्थगित नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड़डा ने केंद्र सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्शल नेतृत्व में भारत आर्थिक सामाजिक महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं

इस मौके केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा सांसद वीरेंद्र कश्यप और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सुंदरनगर में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में समग्र क्षेत्रीय केंद्र ओपीडी और छात्रावास भवन की आधारशिला रखी इस मौके उन्होंने कहा कि इस भवन में चार आधुनिक ओपीडी अस्पताल और विशेष रूप से सक्षम एक सौ छात्रों के लिए आवास सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों की अपेक्षाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील है

मुख्यमंत्री ने विशेष ऑलम्पिक के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये समग्र क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए मील पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को दिव्यांगों का दर्जा देने का निर्णय लिया है केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत सहित सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल सांसद रामस्वरूप शर्मा भारत विशेष ऑलम्पिक की उपाध्यक्ष मलिका नड्डा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहंचाने के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करने का आहवान किया है धर्मशाला में आज विभिन्न विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन व प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यालय में बैठकर कागजी कार्यवाही की रसम अदायगी की प्रवृति छोड़े और लोगों के हित में नई सोच दृष्टिकोण से कार्य करें बैठक में कुछ विभागाध्यक्षों के गैर हाजिर रहने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के वीवीआईपी क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति पर रोक लगा दी है उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आज ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि अत्यंत गंभीर व आपातकाल में ही इन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए संजय करोल ने खुद को शामिल करते हए कहा कि न्यायाधीशों मंत्रियों विधायकों और नौकरशाहों सहित कारोबारियों को भी टैंकर से पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी खंड पीठ ने स्पष्ट किया कि वो अपने आदेश में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के कार्यालय और सरकारी आवास को शामिल नहीं करते हैं इस बीच शिमला प्लानिंग एरिया में सभी निर्माण गतिविधियों पर एक सप्ताह तक पाबंदी लगा दी गई है सीएम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर के लिए जलापूर्ति की समीक्षा के लिए बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में पानी की आपूर्ति और वितरण की जानकारी हासिल की

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के प्रति सरकार गंभीर है और शहर में पर्याप्त मात्रा में पयेजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास जारी है उन्होंने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साधुपुल तथा सुन्नी में बोरवेल स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित बनाई जा सके सिंचाई मंत्री उधर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने निर्माण कार्यों के लिए पानी के दुरूपयोग पर अधिकारियों को कनैक्शन काटने के निर्देश दिए है उन्होंने आज न्यू शिमला के सैक्टर दो में ओवर फ्लो हो रही टंकी का मौके पर ही कनैक्शन कटवा दिया उन्होंने लोगों से पानी को व्यर्थ में बर्बाद न करने की अपील की है महेंद्र सिंह ठाकुर ने हैंडपम्प स्थापित करने के लिए चिन्हित किए गए स्थानों में तुरंत हैंडपम्प लगाए जाने की बात भी कही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लोगों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश नदी नालों का पानी सूखने की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है उन्होंने लोगों से पेयजल योजनाओं के लिए आने वाले पानी को कूहलों में न डालने की अपील भी की ग्रीष्मोत्सव इधर शिमला शहर में पेयजल आपूर्ति की गम्भीर समस्या से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव स्थगित कर दिया गया है जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि आगामी तिथि पूनः निर्धारित की जाएगी

परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर किसी प्रकार के यूजर चार्ज नहीं बढ़ाए जाएंगे पालमपुर में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं

विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से आउटसोर्स के आधार पर अस्पतालों में डायलिसिज यूनिट शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे इस बीच पालमपुर नगर परिषद के मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पालमपुर को निगम का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री ने सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है विक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र ने कहा है कि युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना शुरू की गई है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा जिले के चुराह उपमंडल में तीसा अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

उन्होंने कहा कि अस्पताल को स्तरोन्नत करने के प्रयास किए जा रहें है हंसराज ने खंड चिकित्सा अधिकारी को एक्सरे टैक्निशियन के पद आउटसोर्स के आधार जल्द भरने के निर्देश दिए खली भेंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर द ग्रेट खली ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के डब्ल्यू डब्ल्यू ई इवेंट करवाने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि इसमें विदेशी पहलवानों को आमंत्रित किया जाएगा द ग्रेट खली ने कहा कि हिमाचली होने के नाते वह युवाओं को मंच उपलब्ध करवाना चाहते है ताकि प्रदेश से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार हो सकें मुख्यमंत्री ने उन्हें ऐसी रोमांचकारी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया